इस वर्ष अगस्त माह में डिजिटल अंतरण के तहत दो सौ चौवालीस करोड़ से अधिक का किया गया भुगतान परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत की तैनाती को लेकर पाकिस्तान की चिंता पर भारत ने की आलोचना

उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने कहा है कि प्रगति के लिए शांति का माहौल जरूरी है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 उन्होंने कहा कि आज एक दूसरे से जुड़े विश्व में सिर्फ आपसी संवाद के ज़रिए ही प्रगति के रास्ते पर बढ़ा जा सकता है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 श्री नायडू ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति आशाजनक है पेरिस में प्रथम विश्व युद्द की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भारत वशियों से आग्रह किया कि वे देश में निवेश और नवाचार के अवसरों का लाभ उठाएं उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से अपील की कि वे भारत की विकास प्रक्रिया में भागीदार बनें श्री नायडू ने कहा कि भारत में जारी सुधार कार्यक्रम से देश का परिदृश्य बदल रहा है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 यह रकम अक्टूबर दो हज़ार सोलह में उन्यासी करोड़ रूपये के डिजिटल अंतरण से तीन गुना से भी ज़्यादा है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 मंत्रालय के अनुसार भीम यूपीआई एईपीएस और एनईपीसी ने आम लोगों और कारोबारियों के लिए भुगतान के तरीके बदल दिये हैं

कल लुधियाना में उन्होंने देश को अग्रणी बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया जनरल रावत ने कहा कि भारत का तेजी से सर्वांगीण विकास हो रहा है उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति उसकी विरासत और नैतिक मूल्य अमूल्य हैं जिन्हें बनाये रखने की जरूरत है

विदेश मंत्रालय के प्रक्ता रवीश कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि यह चिंता एक ऐसे देश ने व्यक्त की है जिसकी सिद्वांतों के प्रति कोई ज़िम्मेदारी नहीं है प्रवक्ता ने कहा कि भारत एक ज़िम्मेदार देश है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर भारत का रुख साफ कर दिया है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

योजना के तहत तालाबों की सिल्ट सफाई के साथ साथ उनका पुनरूद्वार किया जायेगा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 इस सिलसिले में एक टीम भी गठित की जायेगी जो कायो की प्रगति पर निगाह रखेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर कल बाराणसी आ रहे हैं यहां वह अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे इसके साथ ही चौबीस सौ करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी भी मौजूद रहेंगे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

इसके अलावा डकैतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तथा अराजक तत्वों के गिरोह के ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई पर भी चर्चा की गई गौरतलब है कि प्रदेश के आगरा इटावा जालौन झांसी ललितपुर महोबा बांदा चित्रकूट प्रयागराज मिर्जापुर और सोनमद्र जिलों की सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमा से मिलती है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

श्री पंडित ने चड्डा के खिलाफ जालसाज़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था लेकिन चड़्डा अदालत में हाज़िर न होकर दुबई भाग गया था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 अभियान के तहत शहर के रेलवे स्टेशन समेत सभी सरकारी अर्द्व सरकारी और निजी इमारतों की दीवारों पर भी कृतियां बनाई जा रही है रेलवे जंक्शन पर साधु महात्माओं और श्रद्वालुओं की कृतियां बनाई जा चुकी है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 कुंभ में अतिथि देवो भवः की भारतीय परम्परा को निभाने के लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता